मुख्यमंत्री ने रायपुर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर माओवादियों के खिलाफ अभियान में और अधिक तेजी लाने के दिए निर्देश

निर्वाचन आयुक्त आगमन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आज शाम रायपुर पहंचेंगे कल वे रायपुर में राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे साथ ही राज्य के माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी लेंगे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री रावत कल एक नवम्बर को सुबह सबसे पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे इसके बाद वे जिला निर्वाचन अधिकारियों पुलिस अधीक्षकों पुलिस महानिरीक्षकों उप महानिरीक्षकों सहित आयकर आबकारी परिवहन वाणिज्यिक कर विभाग तथा रेल्वे विमानन केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बल के समन्वयक और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे श्री रावत इसके बाद शाम को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक गृह वित्त आबकारी वाणिज्यिक कर औरं परिवहन विभाग के सचिवों के साथ बैठक करेंगे इसके बाद श्री रावत र्दर शाम नियमित विमान द्वारा दिल्ली लौट जाएंगे माओवाद समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने माओवादियों के खिलाफ अभियान में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर माओवाद हिंसा से निपटने के लिए संबंधित इलाकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की बैठक में दंतेवाड़ा जिले के ग्राम अरनपुर और नीलवाया के जंगलों में कल हई माओवादी हिंसा में तीन पुलिसकर्मियों और दूरदर्शन समाचार के एक कैमरामैन की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया गया और इस माओवादी घटना की निंदा की गई मुठभेड़ जवान शहीद दंतेवाड़ा जिले में माओवादी हमले में घायल एक और जवान की आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई घायल जवान को गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर से रायंपुर लाया गया था शहीद जवान राकेश कौशल बारसूर का रहने वाला था गौरतलब है कि कल दतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में दूरदर्शन समाचार के एक कैमरामैन के अलावा दो जवान शहीद हो गए थे वहीं दो अन्य जवान घायल भी हए थे इस बीच आज रायपुर प्रेस क्लव में एक शोक सभा आयोजित की गई शोक सभा में दूरदर्शन समाचार के कैमरामैन अच्युतानंद साहू और शहीद जवानों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्वांजलि अर्पित की गई इस मौके पर प्रेस क्लेब अध्यक्ष महासचिव सभी पदाधिकारी द्रदर्शन और आकाशवाणी के संपादक सहित वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे श्रद्वांजलि सभा के बाद प्रेस क्लब ेके अध्यक्ष दामू आम्बेडारे के नेतृत्व में पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में चुनाव के दौरान समाचार संकलन के लिए बस्तर सहित अन्य माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है वहीं शाम को प्रेस क्लब के तत्वावधान में कैंडल मार्च निकाला गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई उधर शहीद रूद्रप्रताप सिंह का आज उनके गृहग्राम सोनसरी में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया राज्योत्सव छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस की अट्ठारहवीं वर्षगांठ पर राज्योत्सव कल एक नवंबर से तीन नवंबर तक मनाया जाएगा मुख्य सचिव अजय सिंह ने कल शाम नया रायपुर में राज्योत्सव की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने आयोजन स्थल अटल नगर स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और व्यापार परिसर में सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और तीन दिवसीय आयोजन के लिए विभागवार सौंपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की मुख्य सचिव ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल शाम राज्योत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरूआत करेंगी राज्योत्सव में संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा उन्होंने बताया कि राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शाम छह से रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया गया है इस दौरान राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर रात आठ बजे के बाद आतिशबाजी का कार्यक्रम भी होगा श्री सिंह ने यह भी बताया कि राज्योत्सव स्थल पर शिल्पग्राम के तहत चौंतीस स्टॉल लगाए जाएंगे जिनमें हस्तशिल्प और माटी कला बोर्ड की ओर से शिल्पकारों द्वारा अपने अपने स्टॉलों में कलाकृतियों के निर्माण का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किया जाएगा छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति टीपी शर्मा राज्योत्सव के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे धान खरीदी प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी कल एक नवंबर से शुरू होगी इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में आज रायपुर में हुई बैठक में तैयारियां की समीक्षा की गई अधिकारियों ने बताया कि धान के लिए एक हजार नौ सौ पंचानवे और मक्का के लिए दो सौ इकसठ खरीदी केंद्र बनाए गए हैं मोटे धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ पचास रूपये और पतले धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ सत्तर रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जबकि मक्के का समर्थन मूल्य सत्रह सौ रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है उन्होंने बताया कि अब तक सोलह लाख नब्बे हजार किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन करवाया है भाजपा जकांछ प्रत्याशी सूची भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए रायपुर उत्तर सीट के लिए वर्तमान विधायक श्रीचंद सुंदरानी को प्रत्याशी घोषित किया है इन्हें मिलाकर भाजपा ने अब छत्तीसगढ़ विधानसभा की सभी नब्बे सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के दूसरे चरण की बहत्तर सीटों के सभी प्रत्याशी कल एक नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे उधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने फैसला किया है कि मरवाही से विधायक अमित जोगी इस बार चुनाव नहीं लडेंगे यह फैसला पार्टी की कोर कमेटी की आज हई बैठक में लिया गया वहीं पार्टी ने आज अपने दो और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी पार्टी ने मर्नेन्द्रगढ़ से लखन श्रीवास्तव और रायपुर उत्तर से अमर गिडवानी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है गौरतलब है कि दूसरे चरण के लिए दो नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं तीन नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और पांच नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं दूसरे चरण के लिए मतदान बीस नवम्बर को होगा सुरजेवाला प्रेसवार्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों के साथ छलावा किया है उन्होंने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए इकतीस हजार करोड़ रूपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया था जिसमें से केवल अट्ठारह हजार करोड़ रूपये ही खर्च हुआ है उन्होंने सवाल उठाया कि बाकी बचा पैसा कहा गया श्री सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पिछले पंद्रह वर्षों में आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं तक मुहैया नहीं करा सकी है उन्होंने कहा कि माओवादी हमले में घायल जवानों का समुचित इलाज तक नहीं हो पाता वल्लभ भाई पटेल जयंती लौह प्रूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है विभिन्न मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और संगठन अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं देशभर में लोगों ने आज राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली इधर छत्तीसगढ़ में भी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया इस दौड़ में स्कूलों महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं एनएसएस एनसीसी नेहरू युवा केंद्र पुलिस होम गार्ड के जवान अधिकारी कर्मचारी सहित आम नागरिक शामिल हुए इस मौके पर देश की स्वतंत्रता एकता और अखंडता को सुरक्षित तथा सुदृढ़ रखने और समर्पण की भावना की मजबूत करने की शपथ दिलाई गई इसके अलावा नुक्कड़ नाटक संगोष्ठी और वाद विवाद जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इंदिरा गांधी पुण्यतिथि देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी प्रण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्वांजलि दी है माओवादी गिरफ्तार नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों ने चार माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी को मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली थी

गिरफ्तार माओवादियों के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या सहित कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप है दुर्घटना नया रायपुर में आज एक स्कूल बस की सिटी बस से हुई आमने सामने की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई वहीं छह अन्य बच्चे घायल हो गए हैं घायल बच्चों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है सीएसपी सत्येन्द्र पांडेय ने बताया कि यह घटना नया रायपुर स्थित अटल नगर के पास कायाबांधा चौक के पास हई उन्होंने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जिसमें केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत दो छात्राएं और स्कूल बस का कंडक्टर शामिल है